कोविड महामारी के बीच राज्य सरकार करेगी खर्चों में कमी सरकारी कामों में मितव्ययता के लिए परिपत्र जारी

उत्तर पश्चिम रेलवे चलाएगा जेईई मेन्स नीट परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा सरकार के लिए जीवन और जीविका दोनों जरूरी प्रदेश में हुई सामान्य से अधिक बारिश मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में आज और कल अच्छी बारिश होने के आसार

हमारे अजमेर संवाददाता ने खबर दी है कि शहर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आज से कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए प्लाज़्मा थेरेपी शुरू कर दी गई है जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के एक चिकित्सक ने ही सबसे पहले प्लाज़्मा डोनेट किया इस बीच धौलपुर में कोरोना के कारण रविवार को लगाये गये कर्फ्य को अब वापस ले लिया गया है

प्रदेश में लोगों में कोरोना संक्रमण के प्रति जागरुकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं इसी क्रम में आज प्रतापगढ में जिला प्रशासन और सुचना जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पोस्टर और पेम्फ्लेट का विमोचन किया गया इसमें लोगों को बार बार हाथ धोने दो गज़ की दूरी बनाए रखने बिना मास्क बाहर न निकलने हाथ नहीं मिलाने और भीड़ तथा समारोह से बचने का संदेश दिया गया है बूंदी में कोरोना जागरुकता अभियान के तहत आमुखीकरण कार्यशाला हुई वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के अधीन उदयपुर अजमेर सिरोही और सवाई माधोपुर इकाई द्वारा आज कोरोना पर विशेष जागरुकता अभियान का शुरू किया गया

परिपत्र के अनुसार सरकारी कामों के लिए की जाने वाली यात्राओं को कम से कम रखा जाएगा हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा कर सकेंगे नए वाहनों की खरीद प्रतिबंधित की गई है

सरकारी भोज तथा उपहार खरीद सत्कार और आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में स्थगित रखी जाएंगी वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी प्रकार के प्रशिक्षण सेमीनार कार्यशाला उत्सव और प्रदर्शनियों का आयोजन यथासंभव ऑनलाइन किया जाएगा अति आवश्यक परिस्थितियों में इनका आयोजन सरकारी परिसर में ही किया जा सकेगा

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि ये सभी ट्रेन पूरी तरह आरक्षित रहेंगी

परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पुरा ध्यान रखा जा रहा है सभी परीक्षार्थियों ने मास्क पहनकर परीक्षा दी कई परक्षार्थी फेस शील्ड भी पहनकर आए

परीक्षा से पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई राज्य सरकार ने अलवर जिले के भिवाड़ी में सहशिक्षा वाले सरकारी कॉलेज को समाप्त कर इसके स्थान पर टपुकडा में सरकारी गर्ल्स कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है

केन्द्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के हर हिस्से में पर्याप्त मात्रा में कोविड सेंपल जांच की सुविधा विकसित करना सुनिश्चित किया है

असम के डिब्रगढ़ के संगीतकार और गायक माधव कृष्ण दास ने आकाशवाणी को बताया कि असम और राजस्थान के लोक संगीत में बहुत समानता है यहां तक कि दोनों प्रदेशों के वाद्य यंत्र भी लगभग समान हैं राजस्थान के रावणहत्था सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह के साज असम में भी प्रचलित हैं प्रदेश में अब तक सामान्य से छह फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है

पूर्वी राजस्थान के मुकाबले इस मॉनसुन में पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा बरसात हई है